स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल जयपुर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया श्री धारीवाल ने इस फैसले को लेकर कहा कि वर्तमान में देश में असुरक्षा जनता में भय आकोश और हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है और सरकार चाहती है कि जनता में प्रेम और भाईचारा बना रहे

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला चुनाव घोषणा पत्र विरोधी है

उधर गैर टीएसपी की लड़की के जनजाति उपयोजना क्षेत्र यानि टीएसपी के लडके से विवाह करने पर अब उसे भी टीएसपी में आरक्षण का लाभ देने का भी केविनेट में निर्णय किया गया इस संबंध में टीएसपी जिलों से लम्बे समय से मांग की जा रही थी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक तथा बजट बहस पर चर्चा के दौरान इन तहसीलों और उपतहसीलों के गठन की घोषणा की थी प्रस्ताव के अनुसार भरतपुर जिले में सीकरी चूरू में सिद्धमुख धौलपुर में मनिया और राजसमंद में देलवाड़ा उपतहसीलों को क्रमोन्नत करके तहसील बनाया जाएगा इसी प्रकार भरतपुर जिले में हलैना और दौसा जिले में भाण्डारेज को उपतहसील बनाया जाएगा

पाकिस्तानी सीमा से सटे पांच एयरबेस को हाईरिस्क जोन में डाला गया है अब उत्तरलाई जैसलमेर नाल सूरतगढ के फोरवड तथा जोधपुर के प्रीमियर और बैकअप एयरबेस की सुरक्षा पठानकोट एयरबेस की तरह अभेद्य रहेगी

इसका उदघाटन आज रेल मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करेंगे इसी तरह से एक अन्य सवारी गाडी जो अभी तक अस्थायी थी उसे आज से नियमित कर दिया जायेगा